नौसेना के पोत भी रोशनी से जगमगाएंगे

उधर पन्ना जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है जिले के बनोली में मूंबई से लौटे एक मजदूर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है हालांकि वो पहले से ही क्वेंटीन है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

अधिकतम मल्य राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधनों की घोषणा की किसान अब अपने घरों से सीधे निजी व्यापारियों को उपज बेच सकते हैं और उन्हें बाजार या मंडी जाने की आवश्यकता नहीं है

कार्यक्रम का प्रसारण द्रदर्शन मध्यप्रदेश रीजनल न्यूज चैनल्स व प्रमुख एफएम रेडियो पर होगा

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को प्रादेशिक समाचारों के साथ किया जाता है इसमें उन ख़बरों को शामिल किया जाता है जो प्रेरणादायक हैं और आम लोगों के लिए उपयोगी हो गयी है

उज्जैन के तराना विधायक महेश परमार और उनके साथियों पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवज्ञा करने पर म्कदमा दर्ज किया है

टीकमगढ जिले मे पात्र हितग्राहियों को बगैर बायोमैट्रिक सत्यापन के होगा राशन वितरण कलैक़टर ने किए निर्देश जारी